शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा ऑनलाईन माध्यम से विद्यार्थियों को घर पर किया जा रहा है शिक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस निर्णय से जहां सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहायता मिलेगी वहीं दुकानों पर भीड़ भी कम होगी

जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्फ्यू के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है और तीन मई के बाद आर्थिक गतिविधियों को दोबारा सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त योजना बनाई जाएगी उन्होंने कहा कि खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की अंतर जिला आवाजाही को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा निर्माण स्थलों तक सड़क निर्माण मशीनरी की अंतर जिला आवाजाही को भी स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के बाहर फंसे लोगों की हर संभव सहायता की जाए और घर वापिस आने वाले इच्छुक लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को अस्पतालों और क्लीनिकों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी दिए इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रदेश में पहुंचने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मास्क व फेस कवर पहनने के लिए प्रेरित किए जाने की आवश्यकता जताई भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए हर घर पाठशाला अभियान शुरू किया है इसके तहत विभिन्न ऑनलाईन माध्यमों से बच्चों को घर पर ही शिक्षित किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने समाज में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने में सक्रिय भूमिका निभाई है

मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान प्रैस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करते हुए क्लब के प्रधान अनिल भारद्वाज ने कहा कि आपादा की इस घड़ी में मीडिया कर्मी अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर जनता को पल पल की सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से मीडिया कर्मी निश्चिंत होकर अपनी सेवा दे सकेंगे मुख्यमंत्री ने प्रैस क्लब की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा लाहौल किसान लाहौल घाटी के किसानों के लिए आज का दिन सकून का रहा

सुरक्षा की दृष्टि से लाहौल घाटी के कोकसर में घाटी में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई घाटी पहुंचने वाले किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार और कृषि मंत्री का आभार जताया मारकंडा ने कृषि कार्य करने को छूट देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया

गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दे रही है

सोलन जिले के धरोट गांव की प्रनम शर्मा और भराड़ की बेड़ गांव की संध्या ठाकर ने हमारे सोलन जिला संवाद्दाता लक्ष्मी दत्त शर्मा से बातचीत में इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है

जिला दंडाधिकारी आरके परूथी ने बताया कि बंद के दौरान जिले में मेडिकल स्टोर और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों सहित सभी वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे